वे गुजरात के राज्यपाल भी रहे थे राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अंशुमान सिंह के निधन पर प्रदेश में आज एक दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया गया है सभी सरकारी कार्यालयों में आज कामकाज नहीं होगा वहीं उच्च न्यायालय सहित प्रदेशभर की सभी अदालतों में भी अवकाश घोषित किया गया है पूर्व राज्यपाल के निधन पर जयपुर में महिला दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है

इधर राज्य विधानसभा में आज कोविड टीकाकरण केन्द्र बनाया गया जहां विधायकों को टीका लगाया जा रहा है सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रतिपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड़ सहित कई विधायको को टीके लगाए गए

राज्यसभा में आज सभापति एम वेंकैया नायडु ने विपक्ष के नए नेता बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी श्री नायड् ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री खड़गे के व्यापक और विविध क्षेत्र के अनुभव से सदन को लाभ होगा

इस अवसर पर आज राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को रोड़वेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है इधर केन्द्र सरकार के सभी पुरातात्विक स्थलों पर आज देशी विदेशी महिला पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई और श्भकामनायें दी है आज जयप्र में पिंक रन राइड साइकिल रैली निकाली गई स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने इसे हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

विभाग के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल ने बताया कि पोंग भाखड़ा और रणजीत सागर बांध के भराव क्षेत्र में इस साल कम बारिश होने से जल स्तर में कमी दर्ज हई है इस वजह से पानी की आवक सामान्य रखा जाना संभव नहीं है